पीएम ड्राइवर रहित रेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे इस अनूठी पहल से आरामदायक यात्रा और लोगों की सुगम आवागमन के एक नये यूग की शुरूआत होगी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उदघाटन करेंगे देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे

विधायक चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों से आज से दो दिन वन दू वन चर्चा करेंगे सभी मंत्रियों को भी अगले दो दिन भोपाल में रुकने के लिए कहा गया है ताकि विधायक उनसे मिलकर अपने क्षेत्र और काम के बारे में बात कर सकें भाजपा विधायक दल की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत अन्य नेता मौजूद थे मुख्यमंत्री ने विधायकों से लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण में सहयोग करने को कहा

विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कल सर्वदलीय बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा करने के बाद यह फैसला किया सर्वदलीय बैठक में बताया गया कि विधानसभा के कुछ सदस्यों के अलावा कई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं ऐसे में विधानसभा का यह सत्र आयोजित करना उचित नहीं होगा इस प्रस्ताव पर बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने सहमति जताई

उद्यान के दो गेट परासी और पचपेढ़ी को पर्यटकों के लिए शुक्रवार को ही खोल दिए गए थे इसके साथ ही सैलानियों के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा गाइड लाइन जारी कर दी गई है

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संचालक विंसेंट रहीम ने बताया कि नए जोन और हवाई सफारी के अलावा अन्य पर्यटन गतिविधियों को नए वर्ष में चालू करने पर विचार किया जा रहा है मुख्य रूप से जंगल के अंदर पेड़ों की ऊंचाई में मचान अनुभव कैंपिंग साइट बफर में रात्रि विश्राम नेचर ट्रेल आदिवासी म्यूजियम जैसी गतिविधियां भी शुरू करने की योजना है

राज्यपाल आगमन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल आएंगी वे लखनऊ से दोपहर एक बजे यहां पहुंचेंगी राज्यपाल कल होशंगाबाद के पवारखेड़ा में कृषि प्रदर्शनी में शामिल होंगी

पुरस्कार समारोह आज शाम साढ़े छह बजे से भोपाल के मिंटो हाल में आयोजित किया जाएगा

कोरोना कॉलेज प्रदेश में कोरोना प्रोटोकाल के बीच एक जनवरी से प्रायोगिक कक्षाओं के लिए खुल रहे कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति स्वैच्छिक रहेगी परीक्षा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजनाओं आदि में छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्ययता को उच्च शिक्षा विभाग ने हटा दिया है इसी के साथ सभी संकायों में पहले से चल रही ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेंगी उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजों में किसी भी तरह की सामूहिक गतिविधि जैसे प्रार्थना खेलकूद आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा इसी के साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों को छात्रावास खोलने की अनुमति भी नहीं रहेगी प्रस्तकालय से प्रस्तकें मिलेंगी लेकिन वहां बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी वहीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अंडर ग्रेजुएट के सातवें आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में चक्रवात के असर से नौगांव और उसके आसपास के इलाकों में कल कोहरा छाया रहा जबकि बाकी के जिलों में कोहरे का ज्यादा असर नहीं दिखा

इसमें आठ विधाओ तबला गिटार हारमोनियम सितार बांसुरी कत्थक भारतनाटृयम तथा शास्त्रीय गायन हिंदुस्तान शैली में आयोजन र्वचुअल किया जाएगा